केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा हरोली में बल्क इग पार्क की मंजूरी के लिए मज़बूती से रखेंगे अपना पक्ष प्रदेश में जन सुविधा के लिए राजस्व कानूनों का होगा सरलीकरण कंडक्टर भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले की पुलिस की एसआईटी करेगी जांच

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है पिछले सात महीनों में सातवीं बार राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ़्यू से आज तक कोरोना से भारत की लड़ाई लंबा सफर तय कर चुकी है उन्होंने कहा कि महामारी की वैक्सीन बनने तक यह लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच की बढ़ती संख्या कोविड महामारी से लड़ाई में प्रमुख ताकत रही है ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि कोविड वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने मीडिया से जागरुकता फैलाने की भी अपील की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इन्हीं शुभकामनाओं के कारण वे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो पाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर वे आगामी कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहेंगे और वहीं से काम करेंगे उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील की है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वह ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी का मामला केन्द्र के समक्ष मजबूती से रखेंगे अनुराग ठाकुर आज हरोली में मुख्यमंत्री लोक केन्द्र का शिलान्यास और गगरेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चैक बांटने के बाद ललड़ी गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार दवाओं के कच्चे माल एपी आई के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ौतरी की गई है उन्होंने नए कृषि कानूनों का समर्थन भी किया गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा सूक्ष्म तौर पर मनाया जाएगा इस दौरान दशहरे की सभी परंपराओं को यथावत निभाया जाएगा गोविंद ठाकुर आज कुल्लू में दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव की परंपराओं का इस बार लाईव प्रसारण होगा और लोग घर बैठकर ही भगवान रघुनाथ जी की यात्रा का दर्शन कर सकेंगे गोविंद ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव इस बार भिन्न परिस्थितियों में हो रहा है ऐसे में रथ यात्रा में हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टैस्ट होगा

उन्होंने घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर कहा कि यहां पानी बिजली और सड़कों केसाथ साथ स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े

गर्ग ने इस मौके पर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया

शिमला में अमित कश्यप के स्थान पर आदित्य नेगी को उपायुक्त लगाया गया है अमित कश्यप को श्रम आयुक्त व निदेशक रोजगार लगाया गया है वह सामान्य उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी देखेंगे महेन्द्र सिंह जल शक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जन सुविधाओं के लिए राजस्व कानूनों का सरलीकरण होगा महेन्द्र सिंह ठाकुर आज शिमला में भू कानूनों पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठके में राजस्व कानूनों के सरलीकरण के लिए कार्यसूची के मदों पर विस्तृत चर्चा हुई

उन्होंने इन मामलों के जल्द निपटारे के लिए समन की समयबद्ध और कारगर तामील करवाने पर ज़ोर दिया जांच हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती प्रकिया के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की एसआईटी जांच करेगी

इनमें शिमला ज़िला के रोहड् क्षेत्र के बताड़ी गांव के लक्की शर्मा और सन्नी शर्मा तथा कांगड़ा की ज्वाली तहसील के बोहरका गांव के मनोज कुमार शामिल हैं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि विशेष जांच दल के सदस्यों को इसलिए अलग अलग जिलों से चुना गया है क्योंकि इस प्रकरण की जांच का दायरा राज्य व्यापी है उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल पूरे प्रकरण के पीछे संलिप्त किसी संगठित गिरोह या समूह की सकियता का पता लगाएगा और इस परीक्षा के संचालन में हुई अनियमितता अथवा चूक की जांच भी करेगा

ये मकान चंद्रवीर नामक व्यक्ति का था अग्निकांड में लाखों रूपये का नुकसान आंका गया है आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत राशि उपलब्ध करवाई है आलू लाहौल घाटी के लोगों का एक बार फिर लाहौल पोटैटो सोसायटी प्रबंधन में विश्वास बढ़ा है

ऐसे में यहां इन दिनों आलू की ग्रेडिंग और पैकिंग का काम जोरों पर है यहां से ये आलू देश की विभिन्न मंडियों में भेजा जा रहा है सोसायटी के अध्यक्ष सुदर्शन जसपा ने कहा कि इस बार लोगों को खेतों में ही आलू के अच्छे दाम मिलने के बावजूद उन्होंने एलपीएस में विश्वास जताया है